प्रधानमंत्री कल सुबह ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे

इन एहतियातों में मास्क पहनना और एक दूसरे के संपर्क में आते समय सुरक्षित दूरी बनाए रखना जैसे उपाय भी शामिल हैं

जारी निर्देश में कहा गया है कि कोरोना संक्रमितों को होम आइसोलेशन की अनुमति तभी दी जाए जब नोडल अधिकारी या प्रभारी आश्वस्त हो जाएं कि मरीज घर में रहकर कोविड प्रोटोकॉल और आइसोलेशन के नियमों का पालन करेगा अनुमति देने के बाद मरीज के घर तत्काल दवाई पहुंचानी होगी निर्देश में यह भी कहा गया है कि साठ वर्ष से अधिक उम्र और अन्य गंभीर बीमारी वाले व्यक्तियों को होम आइसोलेशन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए मरीज या उनकी देखभाल करने वाला व्यक्ति यदि ऑक्सीजन स्तर की जांच तापमान आदि ले पाने में सक्षम नहीं है तो उन्हें अस्पताल में ही भर्ती कराना चाहिए साथ ही दूरदराज के इलाकों में जहां पास में स्वास्थ्य सुविधा नहीं हो वहां के कोरोना संक्रमित मरीजों को अस्पताल में ही भर्ती करने की सलाह दी जाए मरीजों को होम आइसोलेशन कंट्रोल रूम के फोन नंबर और चिकित्सकों के मोबाइल नंबर अवश्य दिया जाए वहीं जिस चिकित्सक को मरीज की जिम्मेदारी दी जाती है वह नियमित रूप से मरीज के संपर्क में रहें

कल छब्बीस सौ पैंसठ नये मामले सामने आए इन्हें मिलाकर प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर तीन लाख चौंतीस हजार से अधिक हो गई है वर्तमान में पंद्रह हजार तीन सौ से अधिक मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है कोरोना से अब तक प्रदेश में चार हजार अड़तालीस लोगों की मृत्यु हो चुकी है राजधानी रायपुर और दुर्ग में स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है रायपुर में अब तक ग्यारह इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है गुढ़ियारी कोरोना का हॉटस्पॉट बन गया है यहां के सात इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है इसके अलावा जनपद पंचायत धरसींवा के ग्राम धनेली को भी कंटेनमेंट जोन बनाया गया है इस बीच रायपुर जिले की मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मीरा बघेल ने बताया कि हालात कठिन होते जा रहे हैं राजधानी के दो बड़े अस्पतालों एम्स और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में वेंटीलेटर के सभी बेड भर चुके हैं रायपुर के पास माना में कोविड अस्पताल को फिर से शुरू किया गया है

उन्होंने सभी नागरिकों से अनुरोध किया है कि बचाव के लिए मास्क लगाएं शारीरिक दूरी बनाए रखें और अपने हाथों को बार बार साफ करते रहे

इस संबंध में जेल मुख्यालय में सभी जेलों से आदेश जारी कर दिया गया है यह निर्णय धारा एक सौ चवालीस के मद्देनजर आगामी आदेश तक के लिए लिया गया है वहीं नवा रायपुर स्थित इंद्रावती भवन में सभी के लिए मास्क लगाना और शारीरिक दूरी का पालन अनिवार्य कर दिया गया है इंद्रावती भवन के नोडल अधिकारी डॉक्टर सीआर प्रसन्ना ने आदेश जारी कर वहां होली मिलन और रंग गुलाल खेलना पूर्णतः प्रतिबंधित किया है इंद्रावती परिसर में बिना मास्क के पाए जाने पर पांच सौ रूपये का अर्थदंड वसुला जाएगा इसके अलावा कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में पोषण पखवाड़ा का आयोजन डिजिटल और सोशल मीडिया के माध्यम से करने का निर्णय लिया गया है इस दौरान वीडियो क्लिपिंग मुनादी सुपोषण रथ डिजिटल प्रश्नोत्तरी सहित अन्य प्रतियोगिताओं गृह भेंट ऑडियो मैसेज जिंगल्स के माध्यम से लोगों में पोषण और स्वास्थ्य जागरूकता के प्रयास किए जाएंगे

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि कल छब्बीस लाख से अधिक लोगों को कोरोना टीका लगाया गया इधर छत्तीसगढ़ में भी स्वास्थ्यकर्मियों फ्रंटलाइन वर्कर्स और आम लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है कल छियासठ हजार से अधिक लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया इस बीच जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च पुड्चेरी में आयोजित सेमीनार में यह तथ्य सामने आया है कि कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगने के बाद भी यदि कोरोना संक्रमण होता है तो वह मामूली होगा गंभीर नहीं ऐसी स्थिति में अस्पताल में भर्ती होने या मृत्यु की संभावनाएं नहीं रहेंगी सेमीनार में यह भी बताया गया कि लाखों लोगों को वैक्सीन लगाई गई है लेकिन जिन्हें संक्रमण हुआ है ऐसे लोगों की संख्या दहाई के आंकड़ें में ही है ऐसे में लोगों को टीका लगवाने से बचना नहीं चाहिए क्योंकि वैक्सीन लगवाने से शरीर में एंटीबॉडी बनती है और प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होता है वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने के बाद भी मास्क लगाना और भीड़ से बचना जरूरी है क्योंकि वैक्सीन शत प्रतिशत सुरक्षा नहीं देता है वहीं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना का पहला टीका लगने के समय ही अस्पताल से प्रमाण पत्र जरूर लें यह प्रमाण पत्र हार्ड कॉपी या ऑनलाइन निःशुल्क लिया जा सकता है अगर प्रमाण पत्र लेने में किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो टोल फ्री नंबर एक शून्य सात पांच पर इसकी शिकायत की जा सकती है कोरोना कौशिक बयान नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त की है उन्होंने राज्य सरकार पर कोरोना से निपटने में असफल रहने का आरोप लगाया श्री कौशिक ने कहा कि प्रदेश सरकार को पिछले साल से सबक लेकर कोरोना से निपटने के लिए मजबूत रणनीति के साथ उचित कदम उठाया जाना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हुआ उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस मामले पर गंभीर नहीं है यही वजह है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है माओवादी हत्या गिरफ्तार बीजापुर जिले में माओवादियों ने मिरतूर के जिला पंचायत सदस्य बुधराम कश्यप की गोली मारकर हत्या कर दी हमारे संवाददाता से मिली जानकारी के मुताबिक बीती रात माओवादी श्री कश्यप को उनके गृहग्राम तालनार में घर से पकड़कर बाहर ले गए और कुछ ही दूरी पर उन्हें गोली मार दी घटनास्थल पर माओवादियों ने एक पर्चा भी छोड़ा है इससे पहले माओवादियों ने वर्ष दो हजार नौ में इसी परिवार के एक अन्य सदस्य की भी हत्या कर दी थी वहीं इसी जिले में सुरक्षा बलों की टीम ने दो इनामी माओवादियों को गिरफ्तार किया है बासागुड़ा थाना क्षेत्र से सीआरपीएफ और जिला पुलिस बल की टीम संयुक्त टीम तलाशी अभियान पर निकली थी इस दौरान इन माओवादियों को पकड़ा गया इन दोनों माओवादियों पर एक एक लाख रूपये का इनाम घोषित था केन्द्रीय विद्यालय प्रवेश केन्द्रीय विद्यालय में शिक्षण वर्ष दो हजार इक्कीस बाईस के लिए कक्षा पहली में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया एक अप्रैल से शुरू होगी जो उन्नीस अप्रैल तक चलेगी प्रवेश संबंधी विवरण विद्यालय की वेबसाइट और एंड्रॉएड मोबाइल ऐप के जरिए प्राप्त किया जा सकता है मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल सुबह ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की पचहत्तरवीं कड़ी होगी आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा यह आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट तथा मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा आकाशवाणी दूरदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चैनलों पर भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण होगा क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम रात आठ बजे फिर सुना जा सकेगा मनरेगा रिकॉर्ड महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ ने चालू वित्तीय वर्ष में सर्वाधिक मानव दिवस रोजगार सुजन के साथ ही सबसे अधिक परिवारों को सौ दिनों का रोजगार देने का नया रिकॉर्ड बनाया है इस वर्ष अब तक चौव्वन हजार तीन सौ बाईस परिवारों को सौ दिनों का काम उपलब्ध कराया गया है इस मामले में छत्तीसगढ़ पूरे देश में पांचवें स्थान पर है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पंचायत तथा ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने मनरेगा में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विभागीय अधिकारियों मनरेगा टीम और पंचायत प्रतिनिधियों को बधाई दी है होली प्रेम भाईचारे और रंगों का त्यौहार होली परसों मनाया जाएगा कल रात बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होलिका दहन किया जाएगा राजधानी रायपुर के प्रमुख चौराहों और गली मोहल्लों में होलिका दहन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं हालांकि इस साल कोरोना संक्रमण के मद्देनजर पांच से अधिक लोग होलिका दहन कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे सभी को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा इस बीच राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को रंगों के पर्व होली की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं उन्होंने प्रदेशवासियों से आग्रह किया है कि होली पर्व मनाते समय कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए शासन के दिशा निर्देशों का पालन करें और विशेष सावधानी बरतें

सुनवाई के दौरान आयोग ने सखी सेंटर कोंडागांव की केन्द्र प्रशासिका के निलंबन की अनुशंसा की

वन विभाग के कर्मचारी हाथियों पर नजर रखे हुए हैं